राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा व सड़क सुधार पर विशेष ध्यान देने की बताई जरूरत केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चैम्पियनस फॉर चेंज के अवार्ड से सम्मानित

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जल्द ही मंत्रिमंडल में फेरबदल व विस्तार के संकेत दिए हैं दिल्ली से वापिस शिमला लौटने पर आज राज्य सचिवालय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव संपन्न होने के बाद अब इस कार्य को निपटाया जाएगा जयराम ठाकुर ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम हिमाचल में लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में बेवजह राजनीति कर रही है और ये कानून देशहित में है मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में सरकार मोटर वाहन अधिनियम को लेकर आएगी और उसके बाद इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा

समीक्षा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में भाजपा शासित राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक की अध्यक्षता की उन्होंने राज्य सरकारों द्वारा लागू की जा रही विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा की

मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को मजबूती से लागू करने का भरोसा दिलाया ताकि लोगों का सामाजिक व आर्थिक कल्याण सुनिश्चित हो सके बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सहित कई केन्द्रीय मंत्री मौजूद रहे राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा व सड़क सुधार पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई है

बंडारू दत्तात्रेय ने जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत स्कूलों में स्टॉफ विद्यार्थियों की संख्या परिणाम का प्रतिशत और स्वास्थ्य संस्थानों में कर्मचारियों सहित अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता संबंधी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए राज्यपाल ने जनजातीय क्षेत्रों में टेलीमैडिसन को और विस्तार देने पर भी बल दिया उन्होंने आदर्श स्कूलों की संख्या बढ़ाने और ड्रॉपआउट विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षाएं लगाने के भी निर्देश दिए

सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के बरच्छवाड टिहरा और पाड्छू इलाकों में जनसमस्याएं सुनने के दौरान ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं इस हैल्पलाईन की समीक्षा कर रहे हैं ताकि इसकी कार्यप्रणाली को और चुस्त दुरूस्त किया जा सके महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के किसी भी स्थान से लोग टॉल फ्री नम्बर एक एक शून्य शून्य पर काल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में संवाद कार्यक्रम में ये जानकारी दी

उड़ान जनजातीय क्षेत्रों भुंतर किलाड़ चम्बा किलाड़ चोखंग भुंतर के बीच कल हैलीकॉप्टर की एक उड़ान भरी जाएगी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समारोह की अध्यक्षता करेंगे

नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया ये पुरस्कार पाने वाले अनुराग ठाकुर मौजूदा केन्द्र सरकार के एकमात्र मंत्री हैं इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा ये पुरस्कार उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर सहित कई अन्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिक्षा खेल और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है अनुराग ठाकुर ने सम्मान मिलने पर खुशी जताते हुए इस अवार्ड को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश के लोगों को समर्पित बताया उन्होंने कहा कि उनके द्वारा शुरू किए गए सभी कार्यक्रम अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल हुए हैं और ये आगे भी बिना किसी रूकावट के जारी रहेंगे सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज शाहपुर निर्वाचन क्षेत्र के राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सिहंआ के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया सरवीण चौधरी ने इस दौरान जनसमस्याएं सुनीं और अधिकांश का मौके पर निपटारा कर शेष के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए मौसम प्रदेश के जनजातीय इलाकों में आज भी रूक रूककर हल्का हिमपात जबकि अन्य कुछ क्षेत्रों में वर्षा हुई है

सहायक आयुक्त अमर नेगी ने बताया कि प्रशासन ने लाहौल घाटी से रैफर किए गए मरीजों व यात्रियों की सूची जनजातीय विकास विभाग को भेजी है और प्राथमिकता के आधार पर इन्हें हैलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी है किन्नौर जिले में उंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी का समाचार है चम्बा जिला के खजियार सहित पांगी और भरमौर में भारी हिमपात हुआ है और चम्बा पठानकोट वाया जोत मार्ग बंद हो गया है जिला प्रशासन ने ऐसे मौसम में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में दिनभर बादल छाए रहे और ठण्डी हवाएं चलने से शीतलहर का प्रकोप बना हुआ है

फिट इंडिया जिला लाहौल स्पिति के शुरदंग की ढलानों में नेहरू युवा केन्द्र व लायुल मांउटेनियरिंग और स्की क्लब के संयुक्त तत्वावधान में फिट इंडिया अभियान के तहत युवाओं को जागरूक किया गया युवाओं ने माईनस तापमान और भारी बर्फबारी में विपरीत परिस्थितियों में स्कींईग कर फिट रहने का संदेश दिया केन्द्र के समन्वयक रामसिंह थॉमस ने बताया कि प्रधानमंत्री के फिट इंडिया अभियान और विश्व रनो डे के तहत आज लोगों को फिट रहने व ग्लेशियरों के महत्व के साथ साथ उनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया उन्होंने बताया कि अभियान के तहत देशभर में साईकिल रैली करवाई जा रही है मगर लाहौल में भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए स्कीईंग का आयोजन किया गया

इधर शिमला में अतिरिक्त उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आज योजना के तहत विशेष अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की